के विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम में झारखंड तीसरे स्थान पर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

केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान संगठनों को पुनः आश्वस्त कर कहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी प्रणाली जारी रहेगी केन्द्र सरकार और किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के बीच कल किसानों के मुद्दों पर नयी दिल्ली के विज्ञान भवन में पांचवे दौर की बातचीत हुई बातचीत के बाद श्री तोमर ने कहा कि छठे और अगले दौर की बातचीत नौ दिसम्बर को होगी श्री तोमर ने कहा कि कृषि उपज बाजार समिति एपीएमसी अधिनियम राज्य से संबंधित है और सरकार का इरादा न तो राज्यों में मंडियों को प्रभावित करना है न ही वे कानून से प्रभावित हैं उन्होंने कहा कि एपीएमसी एक्ट राज्य का है और राज्य की मंडी को किसी भी प्रकार से प्रभावित करने का इरादा हमारा नहीं है श्री तोमर ने कहा कि एपीएमसी के मामले में किसी प्रकार की गलतफहमी किसी को है तो सरकार समाधान करने के लिए पूरी तरह से तैयार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की दस तारीख को नई दिल्ली में प्रस्तावित नए संसद भवन की आधारशिला रखेंगे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने बताया कि नए भवन का निर्माण अगले एक सौ वर्ष की जरूरतों को ध्यान में रखकर किया जा रहा है

उन्होंने कहा कि यह भवन आत्मनिर्भर भारत के लोकतंत्र का मंदिर होगा जिसमें राष्ट्र की विविधता परिलक्षित होगी

राज्य में कल कोरोना के एक सौ छियानवें नए संक्रमित मिले हैं वहीं दो सौ अटठासी संक्रमित स्वस्थ हुए इस तरह पूरे राज्य में अबतक संक्रमण के एक लाख नौ हजार नौ सौ नब्बे मामले सामने आ चुके हैं इनमें से एक लाख सात हजार चौहतर लोग कोरोना को मात दे चुके हैं जबकि इलाज के क्रम में नौ सौ अठहतर लोगों की मौत हो चुकी है फिलहाल एक हजार नौ सौ अड़तीस सक्रिय मामले हैं

स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि ऐसा लोगों के स्वस्थ होने की दर बढ़ने से हुआ है

झारखंड में पिछले तीन सालों के दौरान मलेरिया के मरीजों में लगभग चौंतीस दशमलव नौ छह प्रतिशत की कमी आयी है इससे मलेरिया उन्मूलन के मामले में झारखंड देश में तीसरे स्थान पर आ गया है यह रैकिंग विश्व स्वास्थ्य संगठन की वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट दो हजार बीस के आधार पर दी गयी है इसके अनुसार वर्ष दो हजार अठारह की तुलना में दो हजार उन्नीस में लगभग पैंतीस प्रतिशत मलेरिया के मामले कम हुए हैं स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी ने बताया है कि राज्य में मलेरिया से पीड़ित होने वालों की संख्या पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष चौसठ प्रतिशत कम है उन्होंने कहा कि राज्य में बुखार से पीड़ित लोगों की सघन जांच की गई जिससे सक्रिय मरीजों की पहचान हो रही है और उपचार की व्यवस्था भी की जा रही है मलेरिया प्रभावित इलाकों में पचपन लाख मेडिकेटेड मच्छरदानी वितरण के साथ दवाईयों का छिड़काव भी किया गया है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस के अवंसर पर उन्हें श्रद्वांजलि अर्पित की एक ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि बाबा साहब के विचार और आदर्श लाखों लोगों को निरंतर प्रेरित करते रहेंगे राष्ट्र निर्माण में डॉ अम्बेडकर के योगदान पर प्रकाश डालने के लिए देशभर में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं भारतीय संविधान के जनक डॉ अम्बेडकर एक न्यायविद अर्थशास्त्री राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक थे जिन्होंने शोषित वर्गों महिलाओं और श्रमिकों के साथ भेदभाव के खिलाफ अभियान चलाया

मतदाता सूची विशेष पुनरीक्षण अभियान के तहत राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर आज विशेष शिविर लगाए गए हैं इस शिविर में मतदाता सूची में नाम जोड़ने हटाने सुधार करने और मतदान केंद्र स्थानांतरण से संबंधित आवेदन लिए जाएंगे मतदाताओं की सहूलियत के लिए सभी मतदान केंद्रों में बीएलओ सभी प्रपत्र के साथ मौजूद रहेंगे

मतदाता सूची विशेष पुनरीक्षण अभियान पंद्रह दिसंबर तक चलेगा वैसे युवा जिनकी उम्र अगले साल एक जनवरी को अठारह साल पूरी हो रही है वे अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करा सकते हैं

उन्होंने कहा कि इससे स्पष्ट हो गया है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद और होनहार सहयोगी के रूप में देखती है

राजधानी रांची में अब प्रशासन की ओर से पान मसाला और तम्बाकू बिकेताओं के साथ साथ इसके सेवन करने वालों पर सीसीटीवी के माध्यम से नजर रखी जायेगी इसके लिए प्रशासन की ओर से तैयारी शुरू की जा रही है इसके तहत सभी सार्वजनिक स्थानों के प्रतिष्ठानों के लिए सीसीटीवी कैमरा लगाना जरूरी कर दिया गया है ताकि पान मसाला तंबाकू उपयोग के उल्लंघनकर्ता पर नजर रखी जा सके यह निर्णय प्रभारी लॉ एण्ड आर्डर आसिफ इकराम की अध्यक्षता में की गई बैठक में लिया गया है रांची रेलवे स्टेशन पर अब चौबीस घंटे एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध रहेगी यह एम्बुलेंस बेसिक लाईट सपोर्ट सिस्टम से लैस रहेगा इससे गंभीर मरीजों को नजदीकी अस्पताल तक पहुचाया जा सकेगा इसके लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने जिला प्रशासन के साथ करार किया है कल इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के डीजीएम प्रमोद रंजन ने रेलवे को एम्बुलेंस सुपुर्द किया एम्बुलेंस का रख रखाव इंडियन ऑयल ही करेगी और ड्राइवर तथा तकनिशियन सरकार उपलब्ध करायेगी इस एम्बुलेंस में जिला स्वास्थ्य विभाग की टीम मौजूद रहेगी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल सुबह साढे ग्यारह बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आगरा मेट्रो के निर्माण कार्य का शुभारंभ करेंगे

यह मेट्रो ताजमहल आगरा फोर्ट और सिकन्दरा जैसे प्रमुख पर्यटक स्थलों को रेलवे स्टेशनों तथा बस अड्डों से जोड़ेगी

इस परियोजना को पांच वर्ष में पूरा किया जाएगा गिरिडीह जिले के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने कहा है कि खंडौली जलाशय में मृत मछलियों में कोई बीमारी नहीं पायी गयी है

इस अवसर पर सभी अंचलों में एक सौ अंठावन मामले के आवेदन प्राप्त हुए जिसमें से एक सौ बाईस भूमि विवाद से संबंधित मामलों का निष्पादन किया गया इसमें ज्यादातर मामले जबरन दखल प्रयास जमीन मापी संबंधी विवाद आपसी बंटवारा विवाद और दोहरी जमाबंदी से जुड़े थे झारखंड चैम्बर ऑफ कामर्स चुनाव दो हजार बीस इक्कीस को लेकर आज से नामांकन शुरू हो रहा है उम्मीदवार छह से आठ दिसंबर तक चैम्बर भवन में नामांकन फॉर्म जमा कर सकते हैं नाम वापसी दस दिसंबर तक लिया जाएगा भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा टवेंटी टवेंटी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच अब से थोड़ी दी देर में एक बजकर चालीस मिनट पर सिडनी में खेला जाएगा चोटिल ऑलराउंडर रविन्द्र जडेजा की जगह शार्दल ठाकुर को टीम में शामिल किया गया है तीन मैचों की श्रंखला में भारत पहला मैच जीतकर एक शून्य से आगे है इसे आकाशवाणी एफ एम रेनबो राजधानी चैनल सहित अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है प्रसार भारती के यूट्यूब चैनल पर भी इसका प्रसारण होगा

वास्तव में भारत सरकारी और संस्थागत स्तर पर इस महामारी के खिलाफ कार्रवाई करने में सबसे आगे रहा है